बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की आज भोपाल में हुई बैठक में प्रदेश में सात नई तहसीलें गठित करने की मंजूरी दी गयी बैठक में मंत्रि परिषद ने रायसेन जिले के देवरी राजगढ के खुजनेर और सुठालिया शिवपुरी के रन्नौद उज्जैन के झारडा अशोकनगर के बहादुरपुर और धार जिले के पीथमपुर को तहसील बनाने का निर्णय लिया है इसके साथ ही प्रत्येक नई तहसील के लिये आवश्यक पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गयी है

इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना में कैशलेस इलाज की राशि बढाकर चार लाख रुपए किए जाने का निर्णय लिया है मुख्यमंत्री सतना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के हर ब्लॉक में पिछड़ावर्ग के लिये छात्रावास बनाये जायेंगे श्री चौहान आज सतना में पिछड़ावर्ग सम्मेलन को संबोधित करते हुये यह घोषणा की उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास के लिये जितनी भी योजनायें बनाई गई है उसमें जाति धर्म का कोई भेद नहीं रखा गया है श्री चौहान ने कहा कि पिछड़ावर्ग के बच्चों को छात्रवृत्ति के लिये आय सीमा पचहत्तर हजार से बढ़ाकर तीन लाख कर दी गई है जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों का इसका लाभ मिल सके मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने सामान्य वर्ग के बच्चों के लिये भी छात्रवृत्ति की शुरूआत की है

कृषि पैदावार केन्द्रीय कृषि मंत्री पुरषोत्तम रुपाला ने कहा है कि वर्षा में एकरुपता नहीं होने के बावजूद इस वर्ष खरीफ और रबी के दौरान फसलों की रिकार्ड पैदावार होगी श्री रुपाला ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन खरीफ अभियान को सम्बोधित करते हए कहा कि देश के कृष्ठ हिस्सों में औसत वर्षा नहीं हयी है और कहीं बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित हुई है लेकिन इसके बावजूद किसानों के कठोर परिश्रम उन्नत बीज कृषि के लिये जरुरी उर्वरक और सिंचाई सुविधाओं में विस्तार से फसलों की रिकार्ड पैदावार होगी उन्होंने कहा कि जहां भी बाढ़ से नुकसान हआ है उसकी भरपाई रबी अभियान के दौरान की जायेगी

स्कूल खेल प्रदेश में स्कूली विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन किया है इन खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय पदक तालिका में एक सौ दौ स्वर्ण तेरानवे रजत और एक सौ बीस कांस्य पदक हासिल कर तालिका में तीसरा स्थान प्राप्त किया है

आयोजन की गुणवत्ता के कारण प्रदेश को पुरस्कृत भी किया है

इसमें भारत के साथ आठ देशों में सहभागिता की इस प्रतियोगिता में भारत की टीम विजेता रही

सौभाग्य योजना के तहत प्रदेश के दूरांचलों में बिजली पहुंची है वही संबल योजना के जरिए निम्न आय वर्ग वाले परिवारों के बिजली के बिल कम या माफ हो रहे है सतना जिले के रहने वाले सूरज बता रहे है कि राज्य सरकार की संबल योजना के तहत उनका बिल माफ हो गया

वही ऐसी ही संबल योजना की हितग्राही रानी वंशवार बता रही है उनका भी बिजली माफ होने से उन्हे सहूलियत हो गई है

इनमें सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा नागरिक सेवाओं में सुधार सूचना प्रौद्योगिकी के अभिनव प्रयोग से कार्यान्वित सर्वश्रेष्ठ परियोजना मोबाइल गवर्नेन्स श्रेष्ठ ई शासित जिला सर्वश्रेष्ठ नागरिक सुविधा केन्द्र और सूचना प्रौद्योगिकी में हिन्दी का प्रचार जैसे प्रयास शामिल हैं अर्थव्यवस्था केन्द्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सरकार स्थायी विकास के लिए सब्सिडी को सार्वजनिक निवेश के साथ जोड़ने के लिये खासतौर पर कृषि क्षेत्र में ऐसा करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है श्री जेटली ने आज नई दिल्ली में सपोर्टिंग इंडियन फार्म्स द स्मार्ट वे नाम की पुस्तक का लोकार्पण करते हुए यह बात कही उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ होने से सरकार के पास कृषि क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो जाएंगे नर्मदा महोत्सव जबलपुर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट में शरद पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित होने वाले नर्मदा महोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई है इस संबंध में जबलपुर पर्यटन और प्रमोशन काउंसिल द्वारा आयोजित बैठक में जानकारी देते हुये बताया गया कि महोत्सव में इस बार मशहूर गायक हंसराज हंस और कविता पौडवाल अपनी प्रस्तुति देंगी इन कलाकारों का चयन संस्कृति विभाग द्वारा किया गया है घुड़सवारी उत्तर प्रदेश के मेरठ में खेली जा रही राष्ट्रीय सीनियर घुड़सवारी प्रतियोगिता में मध्यप्रदेश ने दो रजत और एक कांस्य पदक हासिल किए राष्ट्रीय सीनियर घुड़सवारी प्रतियोगिता में आज खेले गए एलीमेन्ट्री डेसाज व्यक्तिगत मुकाबले में मध्यप्रदेश के फराज खान ने एक कांस्य पदक जीता जबकि प्रतियोगिता के अंतर्गत कल खेले गए प्रिलिम डेसाज टीम इवेन्ट में भी प्रदेश के खिलाड़ियों ने रजत पदक जीता वहीं इसी इवेन्ट की व्यक्तिगत स्पर्धा में फराज खान ने एक रजत पदक अर्जित किया प्रतियोगिता के अंतर्गत कल जूनियर नेशनल के लिए ट्रायल आयोजित किया जाएगा कोलकाता में आगामी दिसम्बर महीने में होने वाली जूनियर राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता के लिए पहला सिलेक्शन ट्रायल मेरठ में होगा जबकि दूसरा ट्रायल जयपुर में होगा